त् केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भुवनेष्वर में करेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक झारखंड समेत चार राज्यों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

पांचवीं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई शोक प्रस्ताव के दौरान पिछले सत्र से लेकर वर्तमान सत्र के बीच दिवंगत हुए लोगों के प्रति श्रद्दांजलि अर्पित की गई विधानसभा सदस्यों ने दिल्ली हिंसा और चाईबासा नरसंहार में मृत लोगों का नमन किया इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को लेकर विरोध किया इस बीच सरकार की ओर से बारह सौ सोलह करोड़ रूपये का तृतीय अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ ही देर बाद दो दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहंचेंगे राष्ट्रपति आज केंद्रीय विष्वविद्यालय झारखंड के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उनके ऑगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं दिन के करीब एक बजकर चालीस मिनट पर वायुसेना के विमान से राष्ट्रपति बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट रांची पहुंचेंगे वहां से वे सीधे राजभवन जाएंगे राजभवन में विश्राम के बाद चेड़ी मनातु स्थित केंद्रीय विष्वविद्यालय झारखंड के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी दौरे के दूसरे दिन कल राष्ट्रपति गुमला स्थित विष्नपुर में विकास भारती के कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के बच्चों से मुलाकात करेंगे इसके बाद वे देवघर के लिए रवाना होंगे

कल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल की अध्य्क्षता में नई दिल्ली में संपन्न अंतर मंत्रालय अनुमोदन समिति की बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई इससे लगभग पन्द्रह हजार व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में रोजगार के अवसर उत्पन होंगे पीएम केएसवाई का मुख्य उद्देश्य खाद्य वस्तुओं के लिए प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों की शुरूआत से कृ षि उपज को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखना और इससे किसानों के लिए अधिक आमदनी सुनिश्चित करना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम घेब्रेयीसस ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस नियंत्रण निर्णायक मुकाम पर है उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के देश इस महामारी के घातक रूप से फैलने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं

ये बैठक सिलिकॉन वैली के शहर सेन जोस में मई के शुरुआत में होनी थी जिसमें आमतौर पर फेसबुक से जुड़े दुनिया भर के हजारों सॉफ्टवेयर निर्माता शामिल होने थे अमरीका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने उत्तरी कैलीफोर्निया में कोरोना वायरस के एक मामले की पुष्टि की है ऐसे साठ मामलों में ये पहला ऐसा मामला है जिसके मूल का अब तक पता नहीं चला है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल रांची के सदर अस्पताल में थैलेसिमिया सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाना विभाग का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि एक माहीने के अंदर यहां कम्पोनेंट सेपरेट सेंटर का श्भारम्भ किया जाएगा इससे मरीजों को काफी सुविधा होगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल में जल्द ही घटना प्रत्यारोपण की भी व्यवस्था होगी इस मौके पर श्री गुप्ता ने ममता घर का भी उदघाटन किया उन्होंने कहा कि यह ममता घर गर्भवती महिलाओं के गम्भीर मामलों में काफी मददगार साबित होगा आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा कल कल्याण विभाग की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे बैठक में विभागीय मंत्री चंम्पड़ सोरेन प्रधान सचिव हिमानी पांडेय समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे

इसमें झारखण्ड बिहार ओडिसा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे बैठक में बिहार पश्चिम बंगाल ओडिसा और झारखण्ड के मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल होंगे इस बैठक में केंद्र सरकार के आलाधिकारियों के अलावा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे बैठक के दौरान अंतर्राज्यीय जल मुद्दे विद्युत कोयला खानों की रोयालटी रेल परियोजनाओं सहित चार दर्जन मामलों पर विचार विमर्ष होगा हजारीबाग जिले में विनोबा भावे विष्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आज से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा इसका उदघाटन अब से थोड़ी देर बाद विष्वविद्यालय के कुलपति डॉ रमेष शरण करेंगे एक सप्ताह तक चलनेवाले इस राष्ट्रीय एकता षिविर में चौदह राज्यों के छात्र छात्राएं एक दूसरे की कला संस्कृतियों से रूबरू होंगे लोहरदगा जिले में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की ओर से सुजल एवं स्वच्छ गांव विषय पर तीन दिवसीय आवासीय प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें सोलह पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है ये दिन हर वर्ष रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है सर सी वी रमन ने इस दिन रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी जिसमें लिए उन्हें उन्नीस सौ तीस में नोबेल पुस्कार दिया गया था इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विज्ञान संचार में योगदान करने वालों और महिला वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए बेहतर माहौल बनाने के अनेक प्रयास का रही है आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और अटल इरादों को नमन करने का अवसर है उन्होंने कहा कि उनके नूतन उत्साह और अग्रणी अनुसंधान से भारत और विश्व को मदद मिली है प्रधानमंत्री ने कामना की कि भारतीय विज्ञान देश के युवाओं को विज्ञान के प्रति और अधिक उत्सुकता से प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहेगा महगामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह अगले महीने के पहले सप्ताह में अमेरिका जाएंगी अमेरिकी विदेष मंत्रालय ने विधायक दीपिका पांडेय को इंटरनेषनल विजिटर लीडरषिप कार्यक्रम के तहत वीमेंस पॉलीटिकल पावर कोलन नेगोषियेट स्पेस विषय पर विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है

न्यूजीलैंड पर जीत के साथ भारत चौथी बार महिला टी ट्वेंटी विष्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है मेलबर्न में खेले गए मैच में कल भारत ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में तीन रन से पराजित किया सोलह वर्षीय षेफाली ने चौंतीस गेंदों पर चार चौको और तीन छक्कों की मदद से छियालीस रन बनाए भारत ने बीस ओवर में आठ विकेट खोकर एक सौ तैंतीस रन बनाए जबकि जवाबी पारी में न्यूजीलैंड की टीम बीस ओवर में छह विकेट खोकर एक सौ तीस रन ही बना सकी